कई घंटे तक ट्रेनों और बसों का परिचालन भी बाधित रहा

और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार बंद के दौरान आज कई जगहों पर रेल और सड़क यातायात बाधित किया गया राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और बंद समर्थकों ने राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा पर घंटों प्रदर्शन किया इस बीच उग्र समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के साथ मार पीट भी की वहीं फुलवारीशरीफ इलाके में बंद के दौरान दो गूटों के बीच हुई झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है हालांकि एहतियात के तौर पर बाजारों दुकानों और स्कूलों को पहले ही बंद रखा गया था बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत राज्यभर में तेरह सौ से अधिक बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बंद के दौरान राजद समर्थकों ने कई स्थानों पर जमकर उत्पात मचाया दरभंगा मध्यबनी जहानाबाद बिहारशरीफ पावापुरी और भभुआ रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनों को कई घंटे तक रोके रखा वहीं वैशाली शिवहर पूर्वी चम्पारण अररिया भोजपुर अरवल सीतामढ़ी लखीसराय और कटिहार जिलों में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाकर राजमार्गों पर वाहनों का परिचालन बाधित किया मुजफ्फरपुर में बाजार बंद कराने निकले प्रदर्शनकारियों और स्थानीय व्यावसायियों के बीच झड़प हो गयी इस दौरान बंद समर्थकों ने दुकानों में तोड़ फोड़ भी की मुंगेर में प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और शहर के सरकारी बस पड़ाव में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की चार बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया सासाराम में बाजार बंद कराने के दौरान असामाजिक तत्वों ने पूलिस पर पथराव कर दिया जिसके बाद पूलिस ने बल प्रयोग करते हुये प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने बंद के दौरान मीडिया कर्मियों और आम लोगों के साथ मारपीट की कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह कर देश में सौहार्दपूर्ण वातावारण समाप्त करना चाहते हैं श्री आनंद ने विपक्ष से नागरिकता संशोधन कानून का अध्ययन करने की अपील की वहीं सत्ता पक्ष ने राजद के बंद को पूरी तरह विफल बताया है जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि राजद के बिहार बंद को जनसमर्थन नहीं मिला जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी एनआरसी को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री से एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाने की मांग की है इधर कटिहार में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को बिना अनुमति प्रदर्शन करने और ज़ुलूस निकालने के मामले में प्रशासन ने तीन सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है रेलवे अगले बारह वर्ष में पचास लाख करोड़ रूपये के निवेश पर विचार कर रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त उपक्रमों के इस निवेश से रेलवे का आधुनिकीकरण साजोसामान की लागत में कमी माल ढुलाई में वृद्धि और रेल यात्रा विश्वस्तरीय बनायी जाएगी श्री गोयल के पास वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार भी है उन्होंने कहा कि सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और रियल स्टेट सेक्टर को ऋण देने में बैंको को सहयोग देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देशभर में जीएसटी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली सत्रह लाख कम्पनियों का निबंधन रद्द कर दिया गया है नई दिल्ली में आज उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि फर्जी बिल के जरिये पैंतालीस हजार करोड़ रूपये की कर वंचना का मामला भी प्रकाश में आया है उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए अब कम्पनियों के नये निबंधन में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने अगले पांच वर्ष में पटना सहित देशभर में एक सौ हुनर हाट आयोजित करने का फैसला किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इन हाटों के तहत दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है पिछले दो वर्ष में हुनर हाट के जरिए दो लाख पैंसठ हजार से अधिक दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मक्का और गेहूँ के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण प्रस्कार से राज्य को सम्मानित करेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ये जानकारी देते हुये बताया कि तीन जनवरी को बेंगलुरू में आयोजित समारोह में प्रत्येक पुरस्कार के तहत दो दो करोड़ रूपये ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है भागलपुर का सबौर आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं डेहरी का छह दशमलव पांच गया का छह दशमलव नौ पटना का आठ दशमलव दो और पूर्णियां का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक पटना गया भागलपुर और पूर्णिया समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी विभाग ने कहा है कि पच्चीस दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना है जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है कड़ाके की ठंड के मद्देनजर अररिया जिला प्रशासन ने तेईस दिसम्बर तक सभी सरकारी स्कूलों में पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं को स्थगित करने के आदेश दिये हैं वहीं ऊपर की कक्षाओं को सुबह दस से दिन के तीन बजे तक संचालित करने को कहा गया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में लगभग पांच सौ कौशल केन्द्र और प्रयोगशालाएं बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है मंत्रालय ने देश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई नई पहल की हैं मंत्रालय का उद्देश्य कुशल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर उच्च मानक के कौशल विकसित करना है पूर्णियां जिले के मरंगा थाना क्षेत्र अन्तर्गत चेतरियापीठ इलाके में अपराधियों ने एक व्यावसायी को गोली मार कर हत्या कर दी और साढ़े तीन लाख रूपये लूट कर फरार हो गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है इधर बेगूसराय पुलिस ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में कल फाइनांस कम्पनी की महिला कर्मी से लूट पाट के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार अंडर नाईनटीन क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने गोवा के खिलाफ पहली पारी में एक सौ चौरानवे रन की बढ़त बना ली है सलामी बल्लेबाज सरमन ने शानदार शतक जड़ा दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने पहली पारी में तीन विकेट के नुकसान पर दो सौ चौहत्तर रन बना लिये है इससे पहले गोवा की पहली पारी मात्र अस्सी रन पर ही सिमट गयी खगड़िया के कोसी कॉलेज मैदान में कल से राज्यस्तरीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा इसमें राज्य की चालीस टीमें भाग ले रहीं हैं वैशाली जिले के भगवानपूर अड्डा चौक के पास एक अस्पताल में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड मशीन को सिविल सर्जन डॉक्टर इन्द्रदेव रंजन ने जब्त कर लिया बेगूसराय जिले के जीरो माईल के पास प्रलिस ने एक ट्रक से बीस लाख रूपये मूल्य की विदेशी शराब जब्त की है इस संबंध में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

कई घंटे तक ट्रेनों और बसों का परिचालन भी बाधित रहा

और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की